विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे हैं इस चरण में प्रचार के लिए केवल दो दिन का समय बाकी है

इस शिविर में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से आईटी अधिकारी को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है उद्घाटन समारोह के बाद श्री कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेहतर प्रशिक्षण से ही मतगणना प्रकिया को अच्छे से संपादित किया जा सकता है

उन्होंने आज अलवर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कहा कि महिला सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर अलग सैल गठित की जाएगी इसमें उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को लगाया जाएगा

उधर भरतपुर के नदबई प्रलिस थाने में आज एसीबी ने कार्यवाही करते हुए हैड कांस्टेबल को आठ हजार रूपए की रिश्वत र्लेते दबोच लिया भीलवाड़ा जिले के माण्डल तहसील में भी ब्यूरो ने एक ग्राम सचिव को दो हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया

आज एकादशी को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में ही पर्वित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की ड्रबकी लगाई और परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की

इस केन्द्र पर खरीफ फसल में मूंग ग्वार और चवला तथा रबी फसलों में गेह जौ चना सरसों मैथी के बीज का उत्पादन किया जा रहा है

इस अवसर पर चिकित्सकों ने डेंगू से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी

ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद उन्हें निकाला तब तक एक महिला की मौत हो चुकी थी

नागौर में पेयजल किल्लत को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर कमेटी बनाई गई है और कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है